और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कार्यक्रम घोषित

बेगूसराय जिले की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की संपत्तियों की कुर्की जब्ती का आदेश दिया है जिले के मंझौल स्थित निचली अदालत ने इश्तेहार और कुर्की का आदेश जारी किया पुलिस की ओर से कल अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में इस संबंध में आवेदन दिया गया था इधर पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने कहा है कि मंजू वर्मा एक अपराधी हैं और उनके साथ एक अपराधी के जैसा ही सलूक किया जा रहा है गौरतलब है कि मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी थी न्यायालय ने सताईस नवम्बर को इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक को स्पष्टीकरण देने को कहा है इधर मंजू वर्मा के वकील ने कहा है कि उनकी मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका पर सुनवाई होने के बाद आत्मसमर्पण करेंगी इस बीच मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए आज भी उनके विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गयी महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक हजार से अधिक विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी है विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है और निर्भया कोष से संबद्ध समिति ने इसे मंजूरी दे दी है इन अदालतों के गठन पर सात सौ सड़सठ करोड़ रूपए से अधिक की लागत आएगी

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विधायकों और एक सांसद के जदयू में शामिल होने की अटकलों को और तेज कर दिया है श्री सिंह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जदयू की नीतियों के आधार पर पार्टी में आना चाहे तो उनका हमेशा स्वागत है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में रहता है और इसलिए किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि एनडीए में किसी के रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा का नाम लिये बिना श्री सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति स्वयं ही दूसरी धारा में जाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता

श्री कुशवाहा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार लगातार उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि रालोसपा का एक विधायक जदयू में चला जाता है तो उनकी पार्टी को या जदयू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा श्री कुशवाहा ने कहा कि कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जायेगी इधर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उपेन्द्र कुशवाहा एनडीए के महत्वपूर्ण अंग हैं और पार्टी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है पार्टी नेता संजय टाइगर ने कहा कि रालोसपा एनडीए के साथ ही बनी रहेगी राज्य सरकार ने लगभग पांच हजार पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने आकाशवाणी को बताया कि चार हजार नौ सौ चौरानवे पुलिस अधिकारी दस वर्ष से एक ही स्थान पर तैनात थे जिन्हें इस महीने की तीस तारीख तक नए स्थान पर पदभार संभालने का निर्देश दिया गया है प्रलिसकर्मियों को अगले माह का वेतन उन्हें नये स्थान पर पदभार ग्रहण करने पर ही मिलेगा राज्य सरकार ने बेगूसराय और मध्बनी जिले के झंझारपूर में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा छह फरवरी से और मैट्रिक परीक्षा इक्कीस फरवरी से होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर परीक्षा छह फरवरी से शुरू होकर सोलह फरवरी तक चलेगी वहीं मैट्रिक परीक्षा इक्कीस फरवरी से शुरू होकर अठाईस फरवरी तक चलेगी उन्होंने बताया कि इंटर की प्रायोगिक परीक्षा पन्द्रह फरवरी और मैट्रिक की बाईस जनवरी से शुरू होगी इस बार प्रायोगिक परीक्षाएं होम सेंटर पर ही होंगे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिए पांच दिसम्बर को मतदान होगा उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिये जायेंगे

नामांकन फार्म की बिक्री बाईस नवम्बर से होगी वहीं उम्मीदवार चौबीस नवम्बर से नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति संकल्प व्यक्त करते हुए आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया भारतीय प्रेस परिषद की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि आज के तकनीकी यूग में मीडिया पर सेंसर लागू नहीं किया जा सकता श्री जेटली ने कहा कि मीडिया के सामने सबसे बडी चुनौती विश्वसनीयता बनाए रखने की है उन्होंने कहा कि विभिन्न चैनलों और अखबारों के युग में कोई भी अब यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसके विचारों को समुचित स्थान नहीं मिल रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर अपने संदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा कि जिम्मेदार और निष्पक्ष मीडिया राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है राज्य सरकार ने सभी प्रखंडों में बीज टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है इस अभियान का उद्देश्य रबी फसलों के बीजों का उपचार करना है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पटना में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बीज टीकाकरण अभियान प्रखंड स्तर पर शुरु किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत रबी फसलों के बीज उपचार के लिए बीज टीकाकरण वैन के माध्यम से रसायन और जैव कीटनाशकों के बारे में जानकारी दी जायेगी वहीं सभी प्रखंडों में आज किसान क्रेडिट कार्ड कैंप का आयोजन किया गया इन शिविरों में किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया साथ ही उनसे ऋण के लिए आवेदन भी लिये गये आम लोगों को बाल अधिकारों के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से आज राजधानी पटना में बाल अधिकार रैली का आयोजन किया गया यूनिसेफ से सहयोग से आयोजित बाल अधिकार रैली को राज्यपाल लालजी टंडन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गोपालगंज जिले के मांझा थाना क्षेत्र के दुलदुलिया पुल के पास एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये वहीं कैमूर जिले के मोहनियां थाना क्षेत्र के मुठानी गांव के पास बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में बारह लोग घायल हो गये इधर वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक यूवक की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया पटना के वरीय पूलिस अधीक्षक मन् महाराज ने खिरी मोड़ और बेऊर थाना अध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनाथपुर के पास से पुलिस ने एक ट्रक से एक सौ इकहत्तर कार्टन शराब बरामद की है वहीं सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के मोरसन गांव से पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को तेईस कार्टन शराब के साथ गिरफ्तार किया है समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखुआ गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक किसान की हत्या कर दी वहीं जमुई जिले के भेलवा मोहनपुर गांव में भूमि विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गयी

और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कार्यक्रम घोषित